मुख्यमंत्री ने बहुद्देशीय लखवार परियोजना के समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में किए हस्ताक्षर जनजातीय क्षेत्र भरमौर से गौरीकुंड के लिए आज से हैली टैक्सी सेवा शुरू

इस दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष में काफी नोकझोंक हुई वृद्वावस्था पैंशन को लेकर विघायक मुकेश अग्निहोत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू व रमेश धवाला द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष ने सरकार से सही जवाब की मांग की और असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया डिस्पैच शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज भी विपक्षी दल कांग्रेस ने वॉकआउट का सिलसिला जारी रखा ऊर्जा नीति में संशोधन को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य बीच से ही सदन छोड़कर चले गए इससे पहले नियम तिरेसठ के तहत विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा नीति पर किए संशोधन पर प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सरकार ने पावर माफिया के सामने समर्पण कर दिया है चर्चा का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि विपक्षी सदस्य बेवजह उर्जा नीति में हुए संशोधन को लेकर हल्ला कर रहे हैं

ऐसे में अब कांग्रेस वर्तमान सरकार की ऊर्जा नीति पर कैसे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं चर्चा में कांग्रेस विधायक सुखविन्द सिंह सुक्खू हर्षवर्धन चौहान ने भी भाग लिया प्रश्नकाल इससे पूर्व प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा पैंशन को लेकर भी दोनों पक्षों में खूब नोकझोंक हई मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने मोर्चा संभाला और अधिकांश प्रश्नों के उत्तर दिए वृद्वावस्था पैंशन को लेकर विधायक मुकेश अग्निहोत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू व रमेश धवाला द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष ने सरकार से सही जवाब की मांग की इस बीच सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से जवाब दिया उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का ग्रामसभा से कोई लेनादेना नहीं है और आवेदन फार्म ग्रामसभा में नहीं भेजे जाते हैं

प्रशनकाल के दौरान विघायक रामलाल ठाकुर के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना के तहत अगर कोई विघायक अपनी योजना बदलना चाहता है तो वे जिला स्तर पर गठित कमेटियों के सामने अपना पक्ष रखें

इससे पहले विधायक सुरेश कुमार की अनुपस्थिति में विधायक बलबीर वर्मा विधायक विनोद कुमार विधायक सुंदर सिंह ठाकुर व विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने प्रशनकाल के दौरान सदन में अनुसूचित जाति उप योजना का मामला उठाया था कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि चिंतपूर्णी के टकारला पंचायत में सब्जी व अनाज मंडी के सुद्रढ़ीकरण की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा शहर से सत्र न्यायालय परिसर को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का कोई विचार नहीं है विधायक पवन काजल के सवाल पर मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में उन्होंने कहा कि कांगड़ा में पहले ही न्यायालय का आधरभूत ढांचा तैयार किया जा चुका है

विधायक सुखराम की अनुपस्थिति में विधायक नरेंद्र बरागटा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने सदन को ये जानकारी दी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ऊपरी यमुना जलाशय में चार हज़ार करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली बहुद्देशीय परियोजना लखवार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हिस्से के रूप में तीन दशमलव एक पांच प्रतिशत पानी मिलेगा

अटल श्रद्वांजलि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड़डा ने आज पांवटा साहिब में यमुना नदी में वेद मंत्रों के साथ विसर्जित किया उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्दाजंलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी राजनेता के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता भावुक कवि और एक प्रतिबद्ध पत्रकार भी थे जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अटल जी ने हमेशा ही हिमाचल और यहां के लोगों पर विशेष उदारता बनाए रखी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल भी इस अवसर पर मौजूद रहे उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दलगत राजनीति से उपर उठकर समाज के लिए कार्य किया उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर शिक्षित और सुरक्षित बनाना ही अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस अवसर पर सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि श्री वाजपेयी ने देश को एक नई दिशा दी जिससे भारत की विश्व में अलग पहचान बनी इस अवसर पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सर्वघर्म प्रार्थना सभा मी आयोजित की गई हैली टैक्सी चंबा ज़िले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर से गौरीकुंड के लिए आज से हैली टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है

अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाकर देश को विकास की ओर बढ़ाया है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के ताल व बजूरी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया

कांग्रेस पर विकास कार्यों में अड़चन डालने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल किया कि हमीरपुर क्षेत्र में पूर्व कांग्रेसी सांसदों ने कौन सी बड़ी परियोजनाएं केन्द्र से स्वीकृत करवाई हैं इससे पहले उन्होंने ताल में पीएनबी के एटीएम का शुभारंभ भी किया महिला आयोग राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेज़ी ठाकुर ने महिलाओं को काूनन की जानकारी होना ज़रूरी बताया है ताकि वे अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकें घर्मशाला में विभिन्न मामलों की सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि महिला आयोग का मकसद महिलाओं का उत्पीड़न व घरेलू हिंसा को रोकने के साथ साथ उनके अधिकारों की सुरक्षा करना भी है

कुलदीप तंवर किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने राज्य सरकार से किसानों को बंदरों से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है

ऐसे में किसानों को बंदर मारने के लिए हथियार जुटाना क्या संभव होगा

उधर लाहौल स्पिति कांग्रेस कमेटी ने भी इसके विरोध में आज केलंग में उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा